नौ हजार नौ सौ पचास लोगो को उपचार के बाद अस्पतालो से छुट्टी दे दी गई है

इंदौर जिले में कोरोना वा रस संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है

होशंगाबाद जिले के इटारसी के कल तीन कोरोना मरीज और ठीक हुए हैं कोरोना से स्वस्थ्य हुए मरीजों ने डॉक्टरों और प्रशासन की तारीफ़ करते हुए बताता कि अच्छे माहौल और व्यवहार से उन्होंने पह जंग जीती है

इस मूल्य वृद्धि स कम स कम बीस राज्यों में इन वन उत्पादों की ख़रीद बढ़ाी

जांच के बाद अपने अपने जिलों के लिए उन्हें रवाना किता जा रहा है नासिक से लखनऊ के बीच दूसरी स्पेशल ट्रेन भी चल रही है इसी तरह तीसरी ट्रेन तेलंगाना से बिहार के हटि तक चल रही है

रायसप्त नगर में स्वास्थ्य अमलप्रद्वारा घर घर जाकर सर्वे किया जा रहा है

शिवपुरी जिलामें कलव्टर अनुग्रहा पी नालीड बैंक आफिसर एवाजिला सहकारी बैंक कामुख्य कार्यपालन अधिकारी को बीमा क्यानी सप्राप्त होनावाली दावा राशि का समायोजन कृषकोक्षाखातोफ़ें करनक्सनिर्देश दिए है

माँ बगुलामुखी जयत्री क्यमौक्यपर कल आगरमालवा जिलक्यनलखाड़ा स्थित पीताम्बरा सव्वा समिति द्वारा जरूरतमव्रोक्को भोजन प्रसादी का वितरण किया गया